प्रवर्तन निदेशालय ने भ्रष्टाचार के मामले में जल संसाधन विभाग के पूर्व कार्यपालन अभियंता आलोक अग्रवाल के खिलाफ एक और कार्रवाई करते हुए उनकी करीब डेढ़ करोड़ रूपये की संपत्ति जब्त की है

राष्ट्रीय पोषण मिशन केन्द्र सरकार ने प्रदेश के पंद्रह जिलों को राष्ट्रीय पोषण मिशन में शामिल कर लिया है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर राजस्थान के ड्रुंझन् में पूरे देश के लिए इस मिशन का शुभारंभ करेंगे छत्तीसगढ़ में यह मिशन रायपुर दुर्ग राजनादगांव और बस्तर सहित पंद्रह जिलों में संचालित किया जाएगा इनमें आदिवासी बहुल जिलों को विशेष रूप से चुना गया है छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में इस मिशन के लिए अपनी तैयारी शुरू कर दी है महिला और बाल विकास मंत्री रमशिला साहू ने राष्ट्रीय पोषण मिशन के लिए चयनित जिलों में हो रही तैयारियों की समीक्षा की उन्होंने राष्ट्रीय पोषण मिशन के तहत त्वरित निगरानी व्यवस्था के लिए राज्य स्तरीय प्रशिक्षण कार्यशाला का शुभारंभ भी किया इस अभियान के तहत प्रदेश के आठ जिलों की सत्रह हजार से अधिक आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को स्मार्ट फोन दिया जाएगा वनोपज राष्ट्रीय कार्यशाला मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कहा है कि किसानों की आमदनी दोगुना करने में वनौषधियों की खेती और वनोपजों का महत्वपूर्ण योगदान हो सकता है इसके लिए वनौषधियों की खेती को बढ़ावा देने तथा किसानों और वनवासियों को इससे जोड़ने की जरुरत है उन्होंने यह बात आज रायपुर के इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में औषधीय पौधों और वनोपज पर आयोजित राष्ट्रीय कार्यशाला को संबोधित करते हुए कही डॉक्टर सिंह ने कहा कि वनौषधि की खेती में इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय और इससे जुड़े कृषि संस्थानों के साथ ही कृषि विभाग की अहम भूमिका होगी उन्होंने कहा कि आज दुनिया में वनौषधियों का व्यापार लगभग बीस प्रतिशत वृद्धि दर के साथ बढ़ रहा है छत्तीसगढ़ की समृद्ध वन संपदा और जैवविविधता के कारण इसमें हमारे प्रदेश की बड़ी भागीदारी हो सकती है मुख्यमंत्री ने इस मौके पर गुंडाध्र कृषि महाविद्यालय कांकेर के विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक ट्रॉफी और प्रमाण पत्र प्रदान किए इन विद्यार्थियों ने रांची में आयोजित कृषि विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों की स्पर्धा में लोक संगीत की प्रस्तुति देकर स्वर्ण पदक जीता था अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस राज्यपाल राज्यपाल बलरामजी दास टंडन ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर प्रदेषवासियों विषेषकर महिलाओं को हार्दिक बधाई ओर शुभकामनाएं दी हैं अपने संदेष में राज्यपाल ने कहा है कि आज महिलाओं ने अपनी योग्यता प्रतिभा और क्षमता के बल पर हर क्षेत्र में सफलता के नवीन कीर्तिमान स्थापित किए हैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की पूर्व संध्या पर मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कहा है कि यह दिवस पूरी दुनिया में महिला सशक्तिकरण और महिलाओं के स्वाभिमान का प्रतीक बन गया है अपने संदेश में मुख्यमंत्री ने कहा कि यह दिन मानव समाज में महिलाओं और पुरूषों के बीच समानता को स्थापित करता है डॉक्टर सिंह ने महिलाओं का अभिनंदन करते हुए कहा है कि भारत के अन्य राज्यों की तरह छत्तीसगढ़ की महिलाएं भी सामाजिक आर्थिक और शैक्षणिक विकास में अग्रणी और निर्णायक भूमिका निभा रही हैं वहीं प्रदेश की महिला और बाल विकास मंत्री रमशिला साहू ने अपने संदेश में कहा है कि प्राचीन भारत में महिलाओं को जो गरिमा और सम्मान प्राप्त था उससे प्रेरणा लेकर देश की महिलाएं एक बार फिर भारत को पूरी दुनिया में महत्वपूर्ण स्थान दिला सकती हैं तृतीय लिंग समुदाय प्रदेश के सभी विभागों और सार्वजनिक उपक्रमों की योजनाओं के आवेदन प्रपत्रों में पुरूष और महिला के साथ साथ तृतीय लिंग का भी एक वैकल्पिक कॉलम शामिल किया जाएगा समाज कल्याण मंत्री रमशिला साहू ने तृतीय लिंग कल्याण बोर्ड की बैठक के दौरान यह निर्देश दिए श्रीमती साहू ने कहा कि राज्य सरकार तुतीय लिंग समुदाय की समस्याओं से परिचित है और इन समस्याओं को दूर करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है उन्होंने कहा कि तृतीय लिंग समुदाय के व्यक्ति भी जन्म प्रमाण पत्र के लिए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार पंचायतों और नगरीय निकायों में आवेदन कर सकते हैं जहां से उन्हें भी यह प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा ईडी कार्रवाई प्रवर्तन निदेशालय ने भ्रष्टाचार के मामले में सिंचाई विभाग के पूर्व कार्यपालन अभियंता आलोक अग्रवाल के खिलाफ एक और कार्रवाई करते हुए उनकी करीब डेढ़ करोड़ रूपये की संपत्ति जब्त की है निदेशालय ने अपने ट्वीटर संदेश में इसकी जानकारी दी है गौरतलब है कि इंजीनियर आलोक अग्रवाल जल संसाधन विभाग के खारंग अनुभाग में पदस्थ थे उनके खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत वर्ष दो हजार पंद्रह में आय से अधिक संपत्ति रखने का मामला दर्ज किया गया था पिछले वर्ष सितंबर में प्रवर्तन निदेशालय ने आलोक अग्रवाल की पंद्रह करोड़ रूपये से अधिक की चल और अचल संपत्ति जब्त की थी निदेशालय द्वारा अब तक इस मामले में साढ़े सोलह करोड़ रूपये की संपत्ति जब्त की जा चुकी है

अदालत ने अचानकमार के भीतर आम रास्ते को बंद करने के बिलासपुर कलेक्टर के आदेश को निरस्त कर दिया है हाईकोर्ट ने यह फैसला एक जनहित याचिका की सुनवाई के बाद दिया गौरतलब है कि वन विभाग के निर्देश पर बिलासपुर कलेक्टर ने करीब सालभर पहले अचानकमार टाईगर रिजर्व से गुजरने वाले आम रास्ते को बद कर दिया था प्रशासन का मानना था कि अचानकमार वन्यजीवों के लिए संरक्षित क्षेत्र है इसलिए वहां गाड़ियों और आम लोगों के आने जाने से शेर सहित अन्य दुर्लभ वन्यजीवों को नुकसान हो सकता है साथ ही इन वन्यप्राणियों से राहगीरों को भी खतरा हो सकता है इस मामले में छत्तीसगढ़ विधानसभा के पूर्व उपाध्यक्ष धर्मजीत सिंह और एक अन्य व्यक्ति ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी अदालत ने इसी याचिका की सुनवाई के बाद अचानकमार क्षेत्र के भीतर का आम रास्ता खोलने का आदेश दिया बोर्ड परीक्षा प्रदेश में आज से बारहवीं बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो गई हैं छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आयोजित इस परीक्षा में लगभग पौने तीन लाख विद्यार्थी शामिल हो रहे हैं आज पहले दिन विद्यार्थियों ने पर्यावरण विषय की परीक्षा दी परीक्षा के व्यवस्थित संचालन के लिए प्रदेशभर में दो हजार एक सौ अंठावन केंद्र बनाए गए हैं यह परीक्षा दो अप्रैल तक चलेंगी हैंडपंप पखवाड़ा प्रदेश में गर्मी के मौसम में पेयजल व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए सोलह मार्च से विशेष हैंडपम्प संधारण पखवाड़ा मनाया जाएगा इस संबंध में अपने विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री रामसेवक पैंकरा ने कहा कि बिगड़े हैंडपंपों की सुचना मिलने पर छत्तीस घंटे के भीतर हर हाल में उसकी मरम्मत की जानी चाहिए उन्होंने विभागीय अधिकारियों से अपने क्षेत्रों में भ्रमण के दौरान ग्राम पंचायतों के सरपंचों से भी मिलने और वहां पेयजल व्यवस्था की जानकारी लेने को भी कहा गौरतलब है कि प्रदेश में बिगड़े हैंडपंपों की मरम्मत का यह अभियान अधीक्षण अभियंता की निगरानी में राज्य के सभी जिलों में इकतीस मार्च तक चलाया जाएगा

मुख्यमंत्री के रायपुर स्थित निवास में हर गुरूवार को होने वाला साप्ताहिक कार्यक्रम जनदर्शन कल नहीं होगा दुर्ग स्थित छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय में वीडियो कॉन्फ्रेसिंग इकाई का उदघाटन आज उच्च शिक्षा मंत्री प्रेमप्रकाश पांडेय ने किया

इस कार्रवाई के तहत सत्रह गाड़ियों को भी जब्त किया गया जिनमें भरकर कोयला ओडिशा ले जाया जा रहा था

इस रैली में करीब साठ महिलाओं ने अपने शौर्य का प्रदर्शन किया